आयोग ने सभी जिलों में संपर्क केंद्र स्थापित किए हैं

वोटर हेल्पलाइन नामक एक नया एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है यह ऐप सभी नाग़रिकों को मतदाता सूची में अपना नाम खोजने ऑनलाइन फॉर्म जमा करने आवेदन की स्थिति की जांच फॉर्म परिणाम उम्मीदवार शपथ पत्र प्रेस नोट मतदाता जागरुकता और महत्वपूर्ण निर्देश मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध हैं जोईंट हाई पावर कमिटि के अध्यक्ष सह केविनेट मंत्री नाबम रिविया ने कहा है कि पी आर सी मुद्दे पर अंतिम रिपोर्ट इस महीने तैयार होने के बाद सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा इस विषय पर कल राज्य सचिवालय में आयोजित अंतिम बैठक में विभिन्न राजनितिक पार्टी के सदस्य और छात्र संगठनो के प्रतिनिधियो ने हिस्सा लिया

फिलहाल द्ररदर्शन की डीटीएच सेवा के माध्यम से उपलब्ध यह चैनल विशेष रुप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लॉन्च किया गया है दूरदर्शन के महानिदेशक सुप्रिया साहू ने कहा कि अरुण प्रभा चैनल को एक बार एयरटेल और डिश टीवी से जुड़ जाने से विश्वभर के दर्शको को पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा अमरीका से चिन्रक हैलीकॉप्टरों की पहली खेप कल भारत पहुंच गई समझौते के अनुसार पंद्रह चिनुक हैलीकॉप्टर मंगाए जाने हैं भारतीय वायुसेना ने इन हैलीकॉप्टरों की खरीद का आदेश दिया था

इन्हे चंडीगढ़ ले जाया जाएगा चिन्क हैलीकॉप्टरों की निर्माण करने वाली कंपनी बोइंग ने कहा है कि इन हैलीकॉप्टरों से भारतीय वायुसेना की क्षमता में काफी वृद्धि होगी चिनुक हैलीकॉटर में लगभग दस टन वजन का सामान ले जाया जा सकता है

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि समूचा विश्व धरती का तापमान बढ़ने और जलवायु परिवहण संरक्षण के लिए पर्यावरण अनुकूल कार्य शुरु करने का अनुरोध किया पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष शुरु किए गए ग्रीन गुड डीइस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है इस समुदाय में पर्यावरण संरक्षण के लिए पांच सौ गतिविधियों की सूची दी गई है डॉ हर्षवर्धन्न ने कहा कि विश्व समुदाय भरोसा करने लगा है कि भारत प्रद्रषण और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए सटीक नेतृत्व और दिशा प्रदान कर सकता है नई दिल्ली में विज्ञान आध्यात्मिकता शिक्षा और पर्यावरण विषय पर वैश्विक शिखर बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यवहारिक परिवर्तन और प्रकृति अनुकूल गतिविधियां पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं केंद्रीय जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण के लिए सकारात्मक और स्वस्थ विचार अपनाने का आह्वान किया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारतीय वैश्विक आवासीय निर्माण प्रौद्योगिकी चुनौती के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को देश के छह चुनिंदा स्थानों पर किफायती आवास परियोजना शुरु करने की चुनौती दी है आवासीय निर्माण प्रौद्योगिकी क्षेत्र के तौर तरीकों मे बदलाव के लिए ये परियोजना शुरु करने की चुनौती दी गई है एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस चुनौती के विजेता राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को किफायती आवास की ये परियोजना दी जाएगी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अनुसार इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहैता दी जाएगी इस चुनौती में भाग लेने की अंतिम तिथि बीस फरवरी है